घर्मशाला में कल राष्ट्रीय सरस मेले के उदघाटन अवसर पर उन्होंने यह बात कही मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए अगले वर्ष फरवरी माह में धर्मशाला में निवेशक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर प्रदेश के लिए मुख्यमंत्री लोक भवन योजना का भी शुभारम्म किया

मुख्यमंत्री ने इस मौके जन मंच का लोगो जारी किया और ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नमस्ते धर्मशाला कार्यक्रम का भी शुभारंभ किया

आयोजन सचिव प्रोफैसर डीके वर्मा ने बताया कि कांफ्रेंस के दौरान कोलोरेक्टल सर्जरी को लेकर लाईव ऑपरेशन मी होगा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर इसका उदघाटन करेंगे जबकि स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार सम्मेलन की अध्यक्षता करें गे

इस दौरान प्रदेशभर में स्वच्छता को लेकर कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे उना में अभियान की शुरूआत करते हुए उपायुक्त राकेश कुमार प्रजापति ने अधिकारियों व कर्मचारियों को स्वच्छता की शपथ दिलाई

आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर इसका प्रसारण किया जायेगा

एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज समाचार पत्रों ने कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए मंहगाई भत्ते की घोषणा से जुड़ी खबर को प्रमुखता दी है अमर उजाला की सुर्खी है दिवाली पर कर्मचारियों पेंशनरों को डीए का तोहफा पंजाब केसरी लिखता है कर्मचारियों पैंशनरों को दीवाली पर मिलेगा तीन फीसदी महंगाई भत्ता दिव्य हिमाचल के शब्द हैं हिमाचली कर्मचारियों को तीन फीसदी डीए अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा के समापन पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दिया तोहफा दैनिक जागरण का शीर्षक है कर्मचारियों पेंशनरों को तोहफा अढ़ाई लाख कर्मचारी होंगे लाभान्वित हिमाचल दस्तक दैनिक सवेरा टाइम्स अजीत समाचार और आपका फैसला की लगभग एक जैसी सुर्खी है कर्मचारियो पैंशनरों को दिवाली गिफट तीन प्रतिशत महंगाई भत्ते की घोषणा दैनिक भास्कर ने खबर दी है बीड़ से पायलट्स ने बिना परमिशन की फ्लाइंग सात दिन में सात हादसे दो की मौत जबकि अमर उजाला लिखता है पैराग्लाइडर की रस्सी गले में फंसने से पायलट की मौत एक हजार एक सौ चौतीस करोड़ के बागवानी प्रोजैक्ट को पटरी पर लाएगी तीन सदस्यीय कमेटी दैनिक सवेरा टाइम्स की एक खबर है अमर उजाला ने खबर दी है प्रदेश में चिटफंड कंपनियों साहूकारों पर कसेगा शिकंजा अनाधिकृत बैंकिंग के खिलाफ कानून बनाएगा हिमाचल इसी समाचार पत्र की एक अन्य खबर है डेंगू प्रभावित राज्यों में हिमाचल चौथे नंबर पर छात्रवृति घोटाले पर आपका फैसला का शीर्षक है पहले होगी एफआईआर फिर सीबीआई के पास जाएगा मामला पंजाब केसरी ने कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी रजनी पाटिल के हवाले से लिखा है सुक्खू बदलेंगे या नहीं राहुल गांधी ही लेंगे फैसला मनाली से रोहतांग के लिए हेली टैक्सी शुरू शीर्षक से खबर को अमर उजाला ने सचित्र प्रकाशित किया है वहीं दिव्य हिमाचल लिखता है नौ मिनट में मनाली से रोहतांग एक नजर संपादकीय पन्ने पर दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय बच्चों से मजदूरी में बाल मजदूरी को सामाजिक बुराई करार देते हुए इससे निपटने के लिए सामूहिक प्रयासों पर बल दिया है